श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कन्टेनर और सिलेंडर आवश्यक दवाएं उपकरण तथा चिकित्साकर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है भारतीय वायुसेना ने कोचि मुंबई विशाखापत्तनम और बेंगलुरू से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहंचाया वायसेना ने बेंगलूरू से डीआरडीओ के ऑक्सजीन कंटेनर दिल्ली के कोविड केन्द्रों में पहंचाए

रक्षामंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ने भाग लिया

इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें राज्यों से भी कहा गया है कि वे तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जायेगा

देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है

जाने माने इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि पदम विभूषण से सम्मानित मौलाना वहिद्दीन ने समाज में शांति सदभाव और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें धर्म और अध्यात्म के असीम ज्ञान के लिए हमेशा याद किया जाएगा

यह दुर्घटना आज सवेरे पांच बजे उस समय हई जब लखनऊ जा रही चंडीगढ एक्सप्रेस शाहजहांपुर जिले में एक क्रॉसिंग पर ट्रक से टकरा गई पांच लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसकी हालात खतरे से बाहर बतायी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये अनुग्रह राशि देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है